इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के ड्रग और काइम के दक्षिण एशियाई कार्यालय नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है राज्यपाल ने हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के युवाओं के तेजी से नशीली दवाओं के गिरफत मे आने पर चिंता जाहिर की उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं से उत्पन्न चुनौतियों से पूरी तरह निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में नशा निवारण बोर्ड के रूप में देश का पहला संस्थागत तंत्र गठित किया गया है

सरवीण चौघरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास की बुलंदियों पर ले जाना उनका सबसे बड़ा ध्येय है आज शाहपुर में लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा करने के सभी विमागाधिकारियों को निर्देश दिए गए है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े

इसके बाद सत्ती ने देहलां से बडैहर सधियाणा टोबा से बसदेहड़ा सम्पर्क मार्ग मुहल्ला चौधरियां एवं सम्पर्क मुहल्ला मोहंता के उन्नयन कार्य का विधिवत लोकार्पण किया सुरेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ग्राम समा से विधानसभा का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है ये बात भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने बयान में कही और उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी चार नगर निगमों और फतेहपुर उपचनाव के लिए पुरी तरह तैयार है सरेश कश्यप ने बताया कि हाल ही में दिल्ली मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक हुई जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से मौजूद रहे कश्यप ने बताया कि बैठक में ई विस्तारक योजना की प्रस्तृति दी गई जिसे पूरे देश को दिखाया गया

अभियान चंबा जिले को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने और पर्यटकों को अनछुए पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाने के लिए चलो चंबा अभियान चलाया जाएगा

उन्होंने किसानों बागवानों को उन्नत कृषि बागवानी की आधूनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया